सोलन के शिल्ली स्थित हिमगिरी कल्याण आश्रम के वार्षिक समारोह में आज उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों के समग्र विकास पर बल दिया है अनुराग ठाकुर ने कहा कि देशभर में कई संस्थाएं जनहित में बेहतर कार्य कर रही हैं और प्रदेश में हिमगिरी आश्रम ऐसी संस्थाओं में एक है धर्मशाला में हुई इन्वैस्टर्स मीट पर उन्होंने कहा कि ये आयोजन प्रदेश के लिए ऐतिहासिक रहा है

अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस मुद्दे पर राजनीति करने के बजाए निवेशकों को प्रदेश में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए विघानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल भी समारोह में मौजूद रहे मीडिया मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रेस की स्वतंत्रता को किसी भी कीमत पर बनाए रखने की ज़रूरत पर बल दिया हैं राष्ट्रीय प्रेस दिवस के उपलक्ष्य में कल देर शाम शिमला में हुए एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि मीडिया कर्भियों को हमेशा पत्रकारिता के उच्च स्तर को बनाए रखते हुए दूसरों के लिए उदाहरण स्थापित करना चाहिए मुख्यमंत्री ने कहा कि मीडिया लोगों के दृष्टिकोण को प्रभावित ं करता है और इसे राजनीतिक लोकतंत्र का सजग प्रहरी भी माना गया है

राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने योग को प्रकृति से जड़ने का सुरक्षित माध्यम बताया है पालमपुर में आज भारत योग पुरस्कार वितरण समारोह में उन्होंने कहा कि योग को दैनिक जीवन में अपनाने की जुरूरत है ताकि हम सभी समाज और राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सके

राज्यपाल ने योग व अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्ये करने वाले व्यक्तियों को प्रस्कृत भी किया श्रद्वांजलि महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय को उनकी पुण्य तिथि पर आज श्रद्वासुमन अर्पित किए गए मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर ने राजधानी शिमला में लाला लाजपत राय की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की उन्होंने कहा कि लाला लाजपत राय भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के महान मार्गदर्शक थे जिन्होंने उस समय के युवाओं को प्रेरित किया और उनमें देशभक्ति की भावना जागृत की इस अवसर पर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज विधायक सुरेन्द्र शौरी और नगर निगम महापौर कुसुम सदरेट ने भी पृष्पांजलि अर्पित की पुलिस मीट राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने पुलिस विभाग से नशा माफिया के खिलाफ कड़े कदम उठाने को कहा है धर्मशाला में आज पुलिस मीट के शुभारम्भ पर उन्होंने कहा कि नशे से न केवल व्यक्तिगत जीवन नष्ट होता है बल्कि पूरा परिवार बिखर जाता है उन्होंने इस प्रतियोगिता की पहल के लिए पुलिस प्रशासन के प्रयासों की सराहना की और कहा कि ऐसे आयोजन मानसिक तनाव और शारीरिक दबाव कम करने में सहायक सिद्ध होते हैं राज्यपाल ने कहा कि खेल न केवल मनुष्य को शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाता है बल्कि इससे प्रतियोगिता अभ्यास आत्म विश्वास और सहयोग की भावना भी जागृत होती है

क्रिकेट राजधानी शिमला के बीसीएस मैदान में आयोजित टी ट़वेंटी क्रिकेट प्रतियोगिता प्रेस एकादश ने जीत ली है

मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर ने समापन समारोह में खिलाड़ियों को सम्मानित किया उन्होंने कहा कि अनुशासन संकल्प और टीम भावना में खेल अहम भूमिका निभाते हैं उन्होंने कहा कि स्वस्थ जीवन को महत्व देने को उद्देश्य से हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने फिट इंडिया हिट इंडिया अभियान का शुभारम्भ किया है मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर नशा निवारण की शपथ भी दिलाई शिविर मण्डी जिले में सराज विधानसभा क्षेत्र के बागाचनोगी में आज एक दिवसीय रेशम कीट पालन शिविर लगाया गया इस अवसर पर विधायक जवाहर ठाकूर ने बतौर मुख्य अतिथि कहा कि थुनाग में दो करोड़ रूपए से रेशम बीज उत्पादन केन्द्र स्थापित किया जा रहा है उन्होंने कहा कि रेशम कीट पालन एक सुक्ष्म और लघ् व्यवसाय है जिसमें किसान कम खर्च में अधिक आमदनी कमा सकता है

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी अभय मण्डयाल ने शिविर ेकी अध्यक्षता की और उपस्थित लोगों को उनके कानूनी अधिकारों से अवगत करवाया